हमले में छियालीस सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल

कहीं कहीं हो सकती है ब्रंदाबांदी जम्मू कश्मीर में आज आतंकवादियों के हमले में सीआरपीएफ के छब्बीस जवान शहीद हो गए इस हमले में छियालीस सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए सुरक्षा बल के सूत्रों ने बताया कि श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवंतीपोरा के गोरीपोरा लेथपोरा इलाके में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की बसों के काफिले पर आतंकवादियों ने आज दोपहर बाद तीन बजकर बीस मिनट पर हमला किया और गोलीबारी की इस बीच आतंकी गिरोह जैश ए मोहम्मद ने इस बड़े हमले की जिम्मेदारी ली है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे घ्रणित बताया है श्री मोदी ने इस संबंध में गृहमंत्री राजनाथ सिंह और अन्य शीर्ष अधिकारियों से बातचीत कर स्थितियों की जानकारी ली विधानसभा में आज राजद और भाकपा माले के सदस्यों ने मूजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड राज्य में अमीनों की कमी और कानून व्यवस्था के मूद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया विपक्ष के सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के बीचोबीच आ गये जिससे भोजनावकाश से पहले की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई राजद और भाकपा माले के सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी प्रश्नकाल में अमीनों की कमी और इसके कारण भूमि विवाद तथा कानून व्यवस्था की समस्या के मुद्दे पर राजद के अब्दुल बारी सिद्दिकी ने सवाल उठाये राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल ने अपने जवाब में कहा कि पंद्रह सौ बाईस अमीनों की नियुक्ति के लिये बिहार राज्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड को अनुरोध भेजा गया है उन्होंने कहा कि प्रक्रिया प्ररी होने के बाद अमीनों की नियमित नियुक्ति की जायेगी तब तक संविदा के आधार पर विभिन्न अंचलों में अमीन काम कर रहे हैं सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के सदस्य सदन के बीचोबीच आ गये हंगामे के कारण सभाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदन की कार्यवाही पहले बारह बजे तक के लिये स्थगित कर दी दोबारा जब कार्यवाही शुरू हुई तो शून्यकाल के दौरान भाकपा माले के सत्यदेव राम ने बासगीत पर्चाधारक कमजोर वर्ग के लोगों को दबंग और प्रशासन द्वारा बेदखल करने का आरोप लगाते हुए कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया और सदन का कामकाज स्थगित करके इस पर चर्चा कराने की मांग की राजद के ललित कुमार यादव ने भी अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड पर चर्चा कराने की मांग की नियम के अनुकूल नहीं होने के कारण अध्यक्ष ने दोनों कार्य स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया इसके विरोध में राजद सदस्य सदन के बीचोबीच आ गये नारेबाजी और हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने शून्यकाल में मुददे उठाये इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण क्मार के बीच नोंकझोंक भी हई दूसरी पाली की कार्यवाही में बिहार विनियोग विधेयक दो हजार उन्नीस को सदन ने पारित कर दिया विधान परिषद की कार्यवाही भी आज विपक्षी दल राजद सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित हुई सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद के सुबोध कुमार ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड पर चर्चा की मांग को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया जिसे कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने खारिज कर दिया इसके बाद राजद सदस्य काफी देर तक हंगामा करते रहे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि राजधानी पटना में प्रदूषण की जांच के लिये पांच स्थानों पर प्रद्षण जांच केन्द्र स्थापित किये जायेंगे श्री मोदी ने विधान परिषद् में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि कंकड़बाग हवाई अड्डा दीघा राजधानी पार्क और तारामंडल के पास ये केन्द्र जल्द काम करने लगेंगे विधानमंडल परिसर में राजद विधायक तेज प्रताप यादव के निजी अंगरक्षकों के प्रवेश के मामले में पटना की वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने ड्यूटी पर मौजूद दो दारोगा से स्पष्टीकरण की मांग की है दोनों को अड़तालीस घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया है पटना में कल से शुरू हो रहे भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उदघाटन पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह करेंगे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह चौहान ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अधिवेशन में केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उमा भारती संतोष गंगवार सीआर चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास उत्तर प्रदेश के उप मुख्मयंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी शामिल होंगे अधिवेशन के समापन सत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का संबोधन होगा महागठबंधन के घटक दलों के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ गया है हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने आज कहा कि यदि उनकी पार्टी को लोकसभा चूनाव में बीस सीटें नहीं मिलती है तो वे अलग चूनाव लड़ेंगे श्री मांझी पटना में पार्टी के जिलाध्यक्षों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि तीन मार्च को एनडीए की पटना में होने वाली रैली से पहले इस बात का फैसला हो जायेगा कि कौन घटक दल बिहार में लोकसभा की किस किस सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे श्री त्यागी ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में आज ये जानकारी दी राज्यपाल लालजी टंडन ने राज्य में कृषि के विविधीकरण और इससे जूड़े विभिन्न प्रक्षेत्रों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया है

श्री टंडन ने आज पटना में आयोजित इंदिरा गांधी आयूर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी भाग लिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से सत्तर से अधिक लोगों की हई मौत के मामले में पूलिस ने राजद नेता हरेन्द्र यादव को गिरफ्तार किया है ये गिरफ्तारी राजस्थान के भीलवाड़ा से हुई है इधर इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजद के नेता शराबबंदी को फेल करने में लगे हुए हैं उन्होंने कहा कि अवैध शराब की बिक्री में राजद नेता की संलिप्तता से पार्टी का असली चेहरा उजागर हो गया है राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती हवा के दबाव क्षेत्र के राज्य में प्रवेश कर जाने के कारण पूरे प्रदेश में अगले दो दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे कहीं कहीं ब्रंदाबांदी भी हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के आस पास बना रहेगा मूजफ्फरपूर जिले के अहियापूर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी फायनांस कंपनी से अपराधियों ने हथियार का भर दिखाकर दस लाख रूपये लूट लिये वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है भागलपूर जिले के पीरपैती प्रखंड में शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि भूगतान में हुई गडबड़ी के मामले में प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित दस कर्मचारियों और दो फर्जी लाभुकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है वहीं शेखपुरा कोषागार से फर्जी तरीके से इकतीस लाख रूपये निकासी के मामले में निकासी और व्ययन पदाधिकारी और बरबीघा स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है लोकमान्य तिलक दरभंगा पवन एक्सप्रेस का मूजफ्फरपूर जिले के ढोली स्टेशन पर आज से ठहराव शुरू हो गया है सांसद अजय निषाद ने इसकी शुरूआत की यह साप्ताहिक ट्रेन अप और डाउन में ढोली स्टेशन पर दो मिनट के लिये रूकेगी बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में नियोजित शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज पटना में धरना प्रदर्शन किया इधर राज्य के दफादार और चौकीदार अपनी मांगों के समर्थन में पटना के गर्दनीबाग में चार दिवसीय धरना पर बैठ गये हैं

हमले में छियालीस सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल

कहीं कहीं हो सकती है ब्रंदाबांदी